कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से किया निलंबित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में इकतीस हजार छह सौ इकसठ सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के दिये निर्देश

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर उन्यासी प्रतिशत से अधिक हुई अब तक दो लाख छिहत्तर हजार से अधिक कोरोना मरीज हुए स्वस्थ राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कर दिया इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रिया से निपटने के लिए दो सौ सोलह की संहिता में संशोधन किया गया है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश किया उन्होंने कहा कि ऋण शोधन अक्षमता ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाती है विघेयक में संहिता के तहत कपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है यह विधेयक इस साल जून में लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा वित्तमंत्री ने कहा कि ये संशोधन कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके इसके अंतर्गत दो सौ अट्ठावन कंपनियों को डूबने से बचाया जा सकता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से भारत को विश्वस्तर पर शिक्षा का सम्मानित केन्द्र होने का गौरव फिर से प्राप्त होगा राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति दो हजार बीस के कार्यान्वयन पर आगंतुक सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य इक्कीसर्वी सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी बल्कि देश को आत्मनिर्मर बनाने में भी सहायक होगी राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संस्थान नवाचार के केंद्र होने चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल में भारत विश्वस्तर पर शिक्षा का एक सम्मानित केंद्र था उन्होंने कहा है कि शैक्षिक संस्थानों को ई लर्निंग ई लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छे पोर्टल और ऐप विकसित करने चाहिए इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंघान और नवाचार को बढ़ावा देगी उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा

यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के उन्हत्तर हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिये छह जनवरी दो हजार उन्नीस को टीईटी की परीक्षा कराई गई थी सात जनवरी दो हजार उन्नीस को निर्गत शासनादेश द्वारा टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये सामान्य वर्ग के लिये न्यूनतम पँसठ प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गो के लिये न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था

इस विधेयक में महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों को शामिल किया गया है यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को नुकसान पहुंचाने घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है इसके लिए तीन से पांच महीने की जेल की सजा और पचास हजार से दो लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मृत्युदर काफी कम है और रिकवरी दर अच्छी है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के साथ साथ बैकअप की व्यवस्था भी रहनी चाहिये और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऑक्सीजन निर्धारित मुल्य पर ही उपलब्ध हो एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सेः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि जनपद तखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज झांसी अयोध्या मेरठ तथा गोरखपुर में रपचार की व्यवस्था सुदृद्व की जाए

इसलिए ई संजीवनी एप का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री ने बताया कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही ओपीडी सुविधा काफी कारगर साबित हो रही है ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा से लाभान्वित हो सके इसके लिये ई संजीवनी ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये

मुख्यमंत्री ने मेडिकल टेस्टिंग डोर ट्र डोर सर्वे तथा कांटैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिये

प्रदेश में इस समय छाछठ हजार आठ सौ चौहत्तर कोरोना के सक्रिय मरीज है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के पांच हजार आठ सौ सत्ताईस नए रोगी मिले और इस दौरान छ हजार पांच सौ छान्नबे रोगी स्वस्थ हुए हैं अब तक दो लाख छिहत्तर हजार छः सौ नब्बे कोरोना रोगी ठीक हए हैं राज्य में कोरोना की मृत्यु दर एक दशमलव चार दो प्रतिशत है देश में कल कोविड के अब तक के सर्वाधिक पन्चानबे हजार आठ सौ अस्सी रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर उनासी दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है अब तक क्ल बयालिस लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान रोगियों की क्ल संख्या दस लाख तेरह हजार है इस समय देश में कोविड से मृत्यू दर केवल एक दशमलव छह एक प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है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 केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बे रोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करें क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं